कोंडागांव जिले में बीती रात पटाखा दुकान में आग लगने से तीन लोगों की मौत

आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और उसे भोग अर्पित किया जाता है राजधानी रायपुर के प्राचीन जैतूसाव मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन प्रजा का कार्य क्र म आयोजित किया गया

धनतेरस से शुरू हुए पांच दिनों के दीपावली के त्यौहारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा कल भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा गौठान दिवस प्रदेश में आज गोवर्धन प्रजा का तिहार गौठान दिवस के रूप में भी मनाया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास में सुबह गोवर्धन की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल के तीन सौ पैंसठ दिन गायों के लिए छाया पानी और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में करीब अट्ठारह सौ गौठान बनाए हैं वहीं आने वाले साल में इससे दोगुना गौठान बनाने की योजना है ताकि सड़क हादसों को रोकने के साथ फसलों की सुरक्षा हो सकें श्री बघेल ने कहा कि पशुपालन को अर्थव्यवस्था से जोड़ने लोगों को रोजगार दिलाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सतत् रूप से प्रयास कर रही है कार्य क्र म के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आई हुई मंडलियों ने पांरपरिक राउत नाचा प्रस्तुत किए इस कार्य क्र म के बाद मुख्यमंत्री ने रायपुर के बोरियाख़र्द स्थित गोक़ुलनगर में गायों की प्रजा अर्चना कर उन्हें खिचड़ी खिलाई साथ ही नवनिर्मित गौठान का लोकार्पण भी किया पचास लाख रूपए की लागत से निर्मित इस गौठान में पांच सौ मवेशियों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोकुलनगर गौठान परिसर में गोबर गैस प्लांट लगाने और रायपुर नगर निगम क्षेत्र में दो और गौठानों को स्थापित करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि गोबर गैस प्लांट से आसपास के लोगों को सस्ते में घरेलू गैस की आपूर्ति होगी वहीं गौठान के गोबर से खाद बनाया जाएगा जिससे आय का साधन भी उपलब्ध होगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के जंजगिरी गांव और कुम्हारी के लिट्टीबाबा चौक पहुंचे यहां मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं दी साथ ही गौरा गौरी त्यौहार में वर्षों से चली आ रही सोंटा मारने की पंरपरा को भी प्रतीक के रूप में निभाया इस अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की परंपराओं को सहेजने और बनाए रखने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इन परंपराओं से सुख और सौभाग्य तो मिलता ही है साथ ही आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है सतर्कता जागरूकता केन् द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है इधर आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर स्थित पत्र सूचना और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय में एक कार्य क्र म का आयोजन किया गया इस अवसर पर अपर महानिदेशक एसएस पनतोड़े ने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई पटाखा आगजनी मौत कोंडागांव जिले में बीती रात पटाखा दुकान में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक दीपावली की वजह से माकड़ी बस स्टैंड के पास देर रात तक पटाखा दुकानें खुली रहीं इसके बाद दुकान के मालिक और कर्मचारी द्वान में ही सो गए थे

इधर धमतरी जिले के कुरूद ब्लॉक में बीती रात कपड़ा दुकान में लाग लगने से करीब ग्यारह लाख रूपए का सामान जलकर नष्ट हो गया फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों पांच लोगों की मौत हो गई

जगदलपुर के कोडेनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस्तानार ब्लॉक में चार पहिया एक वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया इस हादसे में दो महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी लोग विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं जो दंतेवाड़ा की ओर जा रहे थे उधर बलरामपुर जिले के औराझरिया घाट में ट्र क की ठोकर से दुपहिया सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जाती है इधर कोरबा जिले के बाल्को थाना क्षेत्र के चुईया के पास दुपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई

वहीं दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में आगामी तीस अक्टूबर को भेंट मुलाकात का कार्य क्र म जनचौपाल अपरिहार्य कारणों से स्थगित रहेगा रायपुर रायगढ़ रायपुर के मध्य चलाई जा रही स्पेशल मेमू एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को तीस नवंबर तक बढ़ा दिया गया है वहीं दुर्ग और पटना के मध्य एक अतिरिक्त फेरे के लिए छठ प्रजा स्पेशल द्रेन तीस अक्टूबर और पटना से दुर्ग के मध्य इकतीस अक्टूबर को चलाई जाएगी मुंगेली उपजेल से फरार कैदियों के मामले में जेल के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उप जेल अधीक्षक जनक लाल पुरैना को निलंबित कर दिया है इससे पहले दो प्रहरियों को इसी मामले में निलंबित किया जा चुका है वहीं फरार कैदियों की तलाश जारी है दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल और बचेली में बीती रात पुलिस ने छापा मारकर उनसठ जुआरियों को गिर पतार किया है इनके पास से पुलिस ने ताश की गड्डी सहित चार लाख छप्पन हजार रूपए बरामद किए हैं